श्रद्वालुओं को दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा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

यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी को मौसम तथा आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्व ढंग से खोले जाने के मद्देनजर चलाया जा रहा है कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में तीन मुख्य संदेश दिए गए हैं ये संदेश हैं मास्क पहनें सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोयें

अधिकतम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से अधिक संक्रमण वाले जिलों में ठोस कार्य योजना भी लागू की जाएगी निर्वाचन आयोग ने कोविड के दौरान स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण पारदर्शी और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा और आगामी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है

आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारकों की सुची देने की अवधि अधिसूचना की तारीख से सात दिन से बढ़ाकर दस दिन कर दी गई है जिन राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही जमा कर दी है वे निर्धारित अवधि के अंदर संशोधित सूची दोबारा देंगे

उन्होंने कहा कि अब तक कुल सात सौ अड़तीस लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है जबकि पिछले वर्ष इस समय तक छह सौ सताइस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हई थी श्री पांडे ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष उनचालीस हजार एक सौ तीस खरीद केंद्र बनाए गए हैं

झारखंड में आज से कंटेन्मेंट जोन के बाहर शर्तो के साथ सभी प्रकार के धार्मिक स्थल खुल जायेंगे राज्य सरकार ने इसके लिए कल गाइडलाइंस जारी कर दी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने देर रात विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया धार्मिक स्थलों पर एक साथ पचास लोगों के रहने की ही अनुमति होगी हर हाल में वहां दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा सभी धार्मिक स्थलों में जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा मंदिरों में प्रसाद का वितरण नहीं होगा जलार्पण और छिड़काव नहीं होगा धर्मग्रंथों मूर्तियां और घंटियों को छूने पर मनाही होगी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कहीं भी मेला का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति होगी धार्मिक स्थलों पर प्रवेश से पहले हाथ और पैरों की सफाई सुनिश्चित करनो होगी नमाज या प्रार्थना की अनुमति होगी मगर कीर्तन गायन नहीं होगा साथ ही वहां प्रवेश और निकासी की अलग अलग व्यवस्था करनी होगी आपदा प्रबंधन विभाग ने यह भी कहा है कि एसओपी का उल्लंघन करने पर धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया जायेगा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

इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या नवासी हजार सात सौ दो हो गई है वहीं कल एक हजार सतासी संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हए राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या उन्यासी हजार एक सौ छिहतर हो गई है जबकि नौ हजार सात सौ उनसठ संक्रमित लोगों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इधर राज्य में कल कोरोना से दस लोगों की मौत हो गई अबतक राज्य में सात सौ सड़सठ लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं

पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण से प्रतिदिन स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन आनेवाले नए मामलों की संख्या से अधिक हो गई है

अब एक दिन में अधिकतम बारह हजार रूपये ही देने होंगे पहले यह दर एक दिन में अठारह हजार रूपये थी इलाज के लिए सभी जिलों को तीन श्रेणी में बांटा गया है श्रेणी ए में राजधानी रांची पूर्वी सिंहभूम धनबाद और बोकारो है श्रेणी बी में हजारीबाग पलामू देवघर सरायकेला रामगढ़ और गिरिडीह जबकि श्रेणी सी में चतरा दुमका गढ़वा गोड्डा गुमला जामताड़ा खूंटी कोडरमा लातेहार लोहरदगा पाकुड़ साहेबगंज सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम को रखा गया है श्रेणी ए में आनेवाली अस्पतालों में न्यूनतम साढ़े सात हजार और अधिकतम बारह हजार रूपये प्रतिदिन इलाज की नई दर तय की गई है जबकि श्रेणी बी के जिलों में न्यूनतम साढ़े छह हजार और अधिकतम ग्यारह हजार रूपये जबकि श्रेणी सी के जिलों में इलाज के लिए निजी अस्पताल न्यूनतम पांच हजार रूपये से लेकर साढ़े दस हजार रूपये अधिकतम राशि ले सकेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि संक्रमितों पर इलाज का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने समीक्षा कर नई दर तय की है इस बार जांच और कई सुविधाओं को नई दर में शामिल किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और पद्मश्री प्रोफेसर डॉ कामेश्वर प्रसाद को रिम्स के निदेशक बनाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है डॉ कामेश्वर प्रसाद की अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने की थी डॉ प्रसाद हजारीबाग के रहने वाले हैं उन्हें न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रद्षण नियंत्रण को लेकर तैयार की गई जिला पर्यावरण योजना में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया है

आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होगा अब संक्षिप्त खबरें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सहकारिता विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बब्बू शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता देवजीत देवघरिया को सहकारिता विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है उनकी नियुक्ति पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय पासवान राजेश ठाकुर सहित आलोक दुबे किशोर शाहदेव डॉ राजेश गुप्ता अख्तर अली डॉ तौसीफ ने श्री देवघरिया को बधाई दी है

इन्हें विशेष सेवा के तौर पर जल्द ही किसी सुविधाजनक तिथि से शुरू किया जाएगा इनमें से अधिकतर ट्रेन वातानुकुलित एक्सप्रेस दुरंतो राजधानी और शताब्दी श्रेणी की होंगी अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य में आज से धार्मिक स्थल खुलने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है आज से खुल जाएंगे मंदिर मस्जिद गुरूद्वारे और चर्च बिना मास्क प्रवेश नहीं दूर से दर्शन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है अखबार ने राजधानी रांची से चौदह उग्रवादियों को पकड़ने की खबर को प्रमुखता दी है प्रभार्त खबर ने राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए नई दर तय करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार ने लिखा है एक दिन के लिए अठारह हजार की जगह अब बारह हजार ही लेंगे निजी अस्पताल आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल सामूहिक भजन पर रोक और पद्मश्री डॉ कामेश्वर प्रसाद को रिम्स के नए निदेशक नियुक्त करने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने लिखा है अब ग्यारह सौ रूपये में होगा कोरोना टेस्ट अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाईम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की अधिकतम दर में छह हजार रूपये की कमी किये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है